प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज रात आठ बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांन्फ्रेंसिंग के जरिये लॉकडाउन को लेकर चर्चा की

श्री मोदी ने राज्यों से पूर्णबंदी से घीरे घीरे छूट देने से जुड़ी परेशानियों से निपटने के तौर तरीकों से भी अवगत कराने को कहा है

इसी प्रकार तीसरे चरण के उपायों की चौथे चरण में आवश्यकता नहीं है कोरोना संकट से उबरने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा में प्रधानमंत्री ने कहा कि संक्रमण के क्षेत्रों के बारे में हमारे पास स्पष्ट जानकारी है पिछले कुछ सप्ताह में जिला स्तर तक अधिकारियों ने संचालन प्रक्रिया को अच्छी तरह समझ लिया है

प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था को खोलने के संबंध में राज्यों के सुझावों पर समुचित रूप से विचार किया गया है प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना से संघर्ष में सक्रिय भूमिका निमाने और व्यावहारिक अनुभव साझा करने के लिए मुख्यमंत्रियों को धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के लिए वैक्सीन या कोई अन्य समाधान मिलने तक सबसे कारगर उपाय यही है कि हम आपसी सुरक्षित दूरी का पालन करें प्रधानमंत्री ने कहा कि मॉनसून आगमन के साथ ही कई अन्य रोग भी सामने आयेंगे जिनके लिए हमें तैयार रहना होगा उन्होंने कहा कि आर्थिक कार्यों को शुरू करना जरूरी है लेकिन फिलहाल सभी रेलमार्गों पर गाडियां नहीं चलाई जायेंगी

कल देर शाम प्रधानमंत्री के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रंसिंग के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि कई राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है लेकिन झारखंड सरकार को केन्द्र के निर्णय का इंतजार है लॉकडाउन पर राज्यों का अलग अलग निर्णय लेना उचित नहीं है

भारतीय आयुर्विज्ञान अनंसुधान परिषद आईसीएमआर और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र राज्य स्वास्थ्य विभागों और उससे संबंधित लोगों के सहयोग से जिलास्तर पर जनसंख्या आधरित सर्वेक्षण कर रहा है

हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इसके अन्तर्गत हर जिले से हर सप्ताह दो सौ नमूने और हर महीने आठ सौ नमूने लिए जायेंगे केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी राशनकार्ड को आधार नम्बर से जोड़ने की समय सीमा तीस सितम्बर तक बढ़ा दी है यह स्पष्ट किया गया है कि केवल आधार नम्बर नहीं होने पर किसी भी वास्तविक लाभार्थी को अनाज के कोटे से मना नहीं किया जाएगा और न ही राशन कार्ड से उसका नाम हटाया जाएगा और न उसका राशन कार्ड रद्द किया जाएगा उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं

भारतीय रेलवे ने आज से विशेष यात्री ट्रेन सेवाएं फिर शुरू कर दी है शुरू में पन्द्रह रेलगाडियों के जोड़े चलाए जाएंगे इन रेलगाडियों को नई दिल्ली स्टेशन से विशेष ट्रेन के रूप में चलाया जा रहा है और ये डिब्रुगढ़ अगरतला हावड़ा पटना बिलासपुर रांची मुवनेश्वर सिकन्द्राबाद बेंगलुरू चेन्नई तिरूवन्नतपुरम मड़गांव मुम्बई सेंट्रल और जम्मूतवी से जुड़ेंगी

जो पंद्रह विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं उनमें प्रथम द्वितीय और तृतीय वातानुकूलित श्रेणियां मौजूद हैं ट्रेन का किराया खानपान शुल्क हटाकर राजधानी ट्रेन के बराबर ही है इन रेलगाडियों के लिए टिकट आरक्षण केवल आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर ही होगा रेल मंत्रालय ने बताया है कि यात्रियों को सलाह दी गई है वे अपना भोजन और पानी साथ लेकर जाएं तत्काल और प्रीमियम तत्काल सेवाओं की अनुमति नहीं है केवल कन्फर्म टिकट के यात्री को ही रेलवे स्टेशन में आने दिया जाएगा यात्रियों के लिए मास्क लगाना और गाड़ी में चढ़ने से पहले स्वास्थ्य जांच कराना अनिवार्य है केवल उन्हीं यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने दिया जाएगा जिनमें बीमारी का कोई लक्षण नहीं होगा यात्रियों को नब्बे मिनट पहले स्टेशन पर पहंचना होगा जहां उनके तापमान की जांच होगी

रेल मंत्रालय ने कहा है कि जिन स्टेशनों से रेलगाडियां शुरू होंगी तथा जहां खत्म होंगी और जहां बीच में रूकेगी वहां कम से कम संख्या में आरक्षण काउंटर खोले जाएंगे इन काउंटरों पर केवल रोगियों दिव्यांगजनों स्वतंत्रता सेनानियों मौजूदा और पूर्व सांसदों विधायकों विधान परिषद सदस्यों और रेल कर्मचारियों को ही टिकट बुक कराने की अनुमति होगी सामान्य कोटा के अंतर्गत टिकटों की बुकिंग केवल आईआरसीटीसी वेबसाइट के जरिए ही हो सकती है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

पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में कोरोना संकमित दो मरीज मिले हैं जिन्हें कल रात जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है

कल रांची से एक और गिरिडीह से एक मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले थे

चतरा में इटखोरी थाना पुलिस ने जिले में सक्रिय प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय प्रस्त्रति कमिटी यानि टीपीसी नक्सलियों के खिलाफ चलाए गये विशेष छापेमारी अभियान के दौरान सुरक्षाबलों ने टीपीसी के हार्डकोर नक्सली बीरेंद्र उर्फ कामेश्वर उर्फ रंजीत राणा समेत पांच नक्सलियों को गिरफ्तार किया है

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा इसमें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एके वार्षणेय हिस्सा ले रहे हैं श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं

उनका पार्थिव शरीर आज महादेवगंज लाया जायेगा